कुछ जिलों में बारिश थमने के बाद हालात में सुधार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों और पारम्परिक विज्ञान के इस्तेमाल पर जोर दिया

केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा सरकार किसानों के उत्थान के लिए कटिबद्ध राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने से अब भी जनजीवन प्रभावित है बारां में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से क्षेत्र के नदियां उफान पर हैं क्षेत्र के हनोतिया गांव में पार्वती नदी में उफान के कारण फंसे लोगों को आज एनडीआरएफ की टीम ने निकाल कर अस्पताल पहुंचाया

जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में अजा हनोतिया गांव से बीमारों बुजुर्गों और बच्चों को नाव की सहायता से निकाल कर बारा के अस्पताल पहुंचाया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बारिश का दौर थमने के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है पाली में बारिश रुकने के बावजूद कई जगह पानी भरा हुआ है उधर कोटा जिले में भी बारिश रुकने के बाद लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है झालावाड जिले में बरसात से राहत मिलने के बाद कई अवरुद्व मार्ग खुल गये हैं नदियां उफान पर हैं लेकिन इनमें पहले के मुकाबले पानी का स्तर कम हुआ है जिले में आज हल्की बूंदाबांदी हो रही है उधर जोधपुर में एक ही दिन में हुई भारी बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है बरसात से हुए हादसों में जोधपुर में चार लोगों की मौत हो गई है

राजसमन्द में बारिश के कारण बाघेरी का नाका बांध छलक गया है जिले में मावली मारवाड़ रेल लाइन पर गोरम घाट के पास चट्टाने गिरने से ये रेल मार्ग अवरुद्व हो गया है उधर बाड़मेर जिले में जारी बारिश की वजह से लूणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है धौलपुर जिले में चम्बल नदी में पानी खतरे के निशान से सात मीटर ऊपर बह रहा है चम्बल के किनारे बसे सभी गांवों में हाई अलर्ट है और जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाये हुए है इस बीच चम्बल नदी के पुराने पुल पर यातायात बंद कर दिया गया है वहां एनडीआरएफ और पुलिस के जवान तैनात किर्ये गये हैं

करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र में भी चम्बल नदी पर हाई अलर्ट जारी किया गया है

प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है सवाई माधोपुर जिले में बरसात का दौर जारी रहने से जिले के चम्बल किनारे बसे गांवों में प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है जिला कलेक्टर ने आज इन गांवों का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

रैगर बस्ती में पानी भरने के बाद वहां फंसे परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है खाट्श्यामजी लक्ष्मणगढ़ दांतारामगढ़ पलसाना रानोली खंडेला सहित कई इलाको में बारिश का पानी भर गया है नागौर जिले में भी कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है जिले के डीडवाना परबतसर मेड़ता में निचली बस्तियों में पानी घुस गया है डीडवाना का खारडा तालाब टूट गया है इससे आसपास की बस्तियों में पानी घुस गया और कई कच्चे मकान गिर गये इस बीच अलवर जिले के मालाखेड़ा में जातपुर गांव के पास रुपारेल नदी में डूबे छात्र का शव आज सुबह निकाल लिया गया ये छात्र स्कूल से वापस आते समय नहाने के लिए नदी में उतरा था और तेज बहाव में बह गया उधर झुंझुनूं में दो दिन से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है जिले में बारिश के दौरान बिजली गिरने से कई लोगों के झुलसने की खबर है राजधानी जयपुर में भी आज दिनभर बारिश का दौर जारी रहा वहीं जिले के ग्रामीण अंचलों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की सूचना मिली है अजमेर और चूरु में हल्की बारिश हुई है

प्रदेश के ज्यादातार हिस्सों में भारी बारिश को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी स्थिति पर लगातार नजर बनाये हुए है

उन्होंने कहा कि हमें एक नये भारत का निर्माण करना है जिसमें हर व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण और समृद्ध हो

उन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों और पारम्परिक विज्ञान के इस्तेमाल पर जोर देते हुए चिकित्सकों से इसे लोगों के इलाज में अपनाने की अपील की है

जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव और सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाए शुरू हो गई हैं

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ संवेदनशील इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जगह टेलीफोन एक्सचेंजों को कल से फिर चालू कर दिया जाएगा जम्मू संभाग के पांच जिलों रियासी जम्मू सांबा कठुआ और उधमपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी आज से बहाल कर दी गई हैं श्रीनगर शहर और बडगाम जिले के अधिकांश हिस्सों में लैंडलाइन फोन सेवा शुरू हो गई है इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवी आर सुब्रह्मयम ने कल कहा था कि राज्य में दूरसंचार सेवाएं चरणबद्ध तरीके से बहाल की जाएंगी

श्री जेटली सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी बढ़ने के बाद गत नौ अगस्त से नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हैं डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम श्री जेटली के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एम्स पहुंचे और श्री जेटली के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली आज भी कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने एम्स पहुंचे

श्री चौधरी ने आज भरतपुर जिले के कई गांवों का दौरा करते समय मीडिया से बातचीत में यह बात कही उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी संकल्पबद्ध है श्री चौधरी ने भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की

ड्यूटी पर रहने के दौरान सांप के काटने से तबियत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई

ये लोग टप्कड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में धरना दे रहे हैं

इस बीच अलवर के सांसद बालकनाथ ने आज धरना स्थल पर मृतक के परिंजनों से मिल कर उन्हें ढाढंस बंधाया इधर जयप्र रेंज के पुलिस महानिदेशक एस सेंगाथिर ने कहा कि अभी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका है और अधिकारी परिवार वालों से बात कर रहे हैं